प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के उद्योगपतियों और कॉरपोरेट जगत का आहवान किया कि वह कृषि के क्षेत्र म निवेश करें ताकि ग्रामीणों के साथ ही देश के किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो सके लखनऊ में आयोजित साठ हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक कृषि क्षेत्र में औद्योगिक जगत का सिर्फ एक फोसदी का ही निवेश हुआ है जो देश के लिए अच्छा नहीं है उन्होंने कहा कि देश के उद्योगपति भंडार गृहों कोल्डस्टोरों और पैकेजिंग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं ताकि कृषि क्षेत्र विकसित हो उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक हर घर को बिजली कनेक्शन दिया जायगा और जल्द ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी नये केन्द्र के तौर पर विकसित होगा आज लखनऊ में इक्यासी परियोजनाओं के श्रभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि केवल पांच महीनों में साठ हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करना एक बडो उपलब्धि है श्री मोदी ने आशय को निवेश में बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की

ये सारे इनिशिएटिक्स बधाई के पात्र है कुछ लोग इसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कह रहे है वैसे तो परम्परा वही है लेकिन ये सब देखने के बाद मैं कहता हूं ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है

इन परियोजनाओं से लगभग दो लाख दस हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की आशा है इससे पहले केन्द्रोय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत निवेश के लिए सबसे अधिक आकर्षक देश बन गया ह उन्होंने भरोसा दिया कि केन्द्र सरकार भी उद्योगपतियों की पूरी हिफाज़त करेगी

भारत का गृहमंत्री होने के नाते मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ कि वैसे तो यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री जी सम्मालेंगे ही लेकिन गृहमंत्री होने के नाते अतिरिक्त यदि सुरक्षा की यदि आवश्यकता होगी तो पुरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार भी आप के साथ खड़ी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य अब कारोबार को आसान बनाने के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जितना पांच वर्षों में निवेश नहीं हुआ उससे कहीं अधिक निवेश उनकी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में कर दिखाया बाइट आप देखेंगे बहुजन समाजपार्टी के पांच वर्ष के शासन काल में प्रदेश में सत्तावन हजार करोड़ रूपये का निवेश मात्र हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार पांच वर्ष तक प्रदेश में शासन की थी पांच वर्ष के शासन काल में पचास हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में हुआ था और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आर्शीर्वाद और उनके मार्ग दर्शन में एक वर्ष के अन्दर साठ हजार करोड़ रूपये का यह शुभारम्भ निवेश का ग्रदेश में केन्द्र प्रारम्भ किया है

सरकार ने राज्य के विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को भी इस निवेश के साथ ही दूर करने का प्रयास किया है और और इकाइयॉ पिछड़े बुंदेलखंड पूर्वांचल और मध्यांचल में और लगाकई जा रही हैं जिन इकाइयों की आधारशिला रखी गई है वह भारी औद्योग खाद्य प्रसंस्करण सूचना प्रौद्योगिकी आवास डेयरी पर्यटन और पशुपालन सेक्टर से जड़ी हुई हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुराज और विकास के लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए और इसी स नये भारत की आधारशिला रखी जायेगी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय इस बात पर फिर से जोर देने का है कि सुराज प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया उन्होंने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे आज ये कहने का समय है सुराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे हर भारतीय की पहुँच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी देश में हो रही असमान वर्षा की स्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण तथा संवर्धन के सामूहिक प्रयास का आह्वान किया कॉलेजों में प्रवेश ले रहे नए छात्रों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने उन्हें शात रहकर जीवन और अन्तर्मन का भरपूर आनंद लेने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है लेकिन छात्रों को नए कौशल भाषाएं और संस्कृति जैसे नए विषयों को जानने पर भी ध्यान देना चाहिए कुछ वंचित परिवारों के छात्रों के बारे मे श्री मोदी ने कहा कि इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और हौंसले के बल पर सभी मुश्किलों का सामना कर कामयाबी हासिल की है और लोगों के लिए उदाहरण बने हैं श्री मोदी ने रायबरेली के दो आई टी विशेषज्ञों का जिक्र किया जिन्होंने स्मार्टगांव एप विकसित किया है यह एप ग्रामवासियों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है ये ऐप न केवल गाँव के लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है बल्कि अब वे कोई भी जानकारी और सूचना स्वयं खुद के मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं

चच गाँव में एक तरह से डिजिटल क्रांति लाने का काम कर रहा है गाँव में जो विकास के काम होते हैं उसे इस ऐप के जरिये रिकॉर्ड करना ट्रेक करना मॉनिटर करना आसान हो गया है यह ऐप किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद है महाराष्ट्र की पंढरपुर यात्रा की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ रामदास और तुकाराम जैसे संतों की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेशोत्सव पूरी श्रद्धा उत्साह और मनोयोग से मनाने का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए उन्होंने हाल में दिवंगत हुए कवि गोपालदास नीरज को भी याद किया बाइट पिछले दिनों हमारे देश के प्रिय कवि नीरज जी हमें छोड़कर चले गये

नीरज जी को आदरपूर्वक श्रद्दांजलि देता हूं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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम राजधानी लखनऊ में दो इलेक्ट्रिक बसों को हरी झडी दिखाकर रवाना किया प्रदेश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन बसों को चलाया जा रहा है इनमें एक बस लखनऊ से कानपुर और दूसरी आगरा से दिल्ली के बीच चलेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य विशिष्टजनों के साथ इस बस मे सफर भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्यावरण हितैषी कदम होने के साथ ही प्रदेश में रोजगार बढ़ाने में भी सहायक होगा प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बारिश से अब तक पैंसठ से अधिक लोगों की मौत हो गयी है और दर्जनों लोग घायल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को चार लाख रूपये की सहायता देने की घोषणा की है इस बीच भारी बारिश से प्रदेश में प्रमुख नदियॉ भी उफान पर हैं वाराणसी से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी प्रमुख घाटों का एक दूसरे से सम्पर्क कट गया है पानी बढ़ने की वजह से दशाश्वमेघ घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती स्थान में भी परिवर्तन किया गया है